रायपुर के एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण के आरोप में राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के छह अधिकारियों को निलंबित कर दिया है

मुख्यमंत्री फसल क्षति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं साथ ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को प्रभावित इलाकों में तत्काल इसका सर्वे करने के लिए कहा है इस ओलावृष्टि से बलरामपुर जिले के रामचन्द्रपुर और बलरामपुर विकासखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं यहां रबी फसलों और सब्जियों को भी भारी नकसान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर संजीव कुमार झा से फोन पर बात की और फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली उन्होंने सर्वे कार्य जल्द पूरा कर किसानों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए इस बीच राज्य विंघानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का मामला उठाया इसके जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जानकारी दी कि राजस्व दल ने सर्वेक्षण के साथ ही क्षतिपूर्ति का आंकलन कर लिया गया है बाद में विपक्ष की मांग पर कृषि मंत्री रविन्द चौबे ने कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक नारायण चंदेल और रजनीश सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये यह मुद्दा उठाया इस बीच उद्यानिकी संचालनालय ने किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है इसके माध्यम से किसान बागवानी फसलों को हए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कम्पनियों से दावा कर सकते हैं किसान क्षति की सूचना अपने संबंधित बैंक स्थानीय उद्यानिकी विभाग के जिला अधिकारी को भी दे सकते हैं विस बहिर्गमन इस बीच धान खरीदी के मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज भाजपा सदस्यों ने हंगामा किया और इस पूरे मामले पर चर्चा कराए जाने की मांग की शोर शराबे के बीच भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लाखों किसानों का धान नहीं खरीदा गया है भाजपा के नारायण चंदेल और ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी टोकन देने के बावजूद धान नहीं खरीदने पर सरकार से चर्चा कराए जाने की मांग की आसंदी पर बैठे पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर एक बार चर्चा हो चुकी है दोबारा चर्चा नहीं कराई जा सकती बाद में विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन से बहिर्गमन कर दिया डीजीपी बैठक राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी आईजी और पुलिस अधीक्षकों को राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी उन्होंने सभी अधिकारियों को आज ही अपने जिलों में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि प्रत्येक घटनाओं पर बारीकी से नजर रखे और मुखबिर तंत्र को और ज्यादा सक्रिय करें डीजीपी ने कहा कि मुखबिरों के जरिये प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर प्रभावी कदम उठाए जाएं मुठमेड़ जवान घायल नारायणपुर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एसटीएफ का एक जवान घायल हो गया है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम इस इलाके में माओवादियों का कैम्प होने की सूचना भिलने पर करियामेटा के पृष्पाल के जंगल में गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड हो गई और एक जवान घायल हो गया इलाके की गश्त के दौरान माओवादी कैम्प से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है इलाके में सर्विंग अभियान तेज कर दिया गया है वहीं कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में भी सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठमेड़ हुई है इस मुठमेड़ में कई माओवादियों के घायल होने की खबर है पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि मिचबेड़ा गांव में हई इस मुठभेड के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से दो भरमार बंदक और अन्य सामान बरामद किया है इस दौरान पुलिस ने माओवादियों का एक कैम्प भी ध्वस्त कर दिया दीक्षांत समारोह राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का पच्चीसवां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया इस अवसर पर सड़सठ विद्यार्थियों को एक सौ सैंतीस गोल्ड मैडल और एक सौ बावन विद्यार्थियों को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई सर्वाधिक सात स्वर्ण पदक वीना जंधेल को प्रदान किए गए इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ की साहित्य संस्कृति परम्परा की सराहना करते हए कहा कि इस प्रदेश ने साहित्य रंगमंच और लोककला के क्षेत्र में अनेक विभृतियां देश को दी हैं इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए यहां की संस्कृति और कला को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

आज विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री ताम्रध्वज साह ने एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण के लिए छह अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया जिन अफसरों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें ईई एसई एसडीओ सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं सदन में आज विधायक धर्मजीत सिंह ने राजधानी के एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण का मुद्दा उठाया अमन सिंह एफआईआर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और पद का द्रूपयोग कर भ्रष्टाचार करने के आरोप में पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद ईओडब्ल्य ने यह प्रकरण दर्ज किया है इन दोनों के खिलाफ उचित शर्मा की शिकायत के बाद राज्य शासन ने ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दिए थे इसके बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में तीन दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज से शरू हई राजेन्द्र कमार सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस प्रदर्शनी का उदघाटन सांसद गहाराम अजगले ने किया इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लौह पुरूष सरदार वल्लमभाई पटेल के जीवन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय रायपुर के आउटरीच ब्यूरो द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आज बडी संख्या में छात्र छात्राएं और नागरिक पहंचे क्षेत्रीय आउटरीच व्यूरो के अधिकारी शैलेश फाये ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह आयोजन किया गया है चित्र प्रदर्शनी के अलावा यहां रोजाना क्विज प्रतियोगिता खेलकूद और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नम्बर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर फोन करके अपना सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं आज से शुरू हई यह रिकॉडिंग कल और परसों दोपहर तीन से चार बजे के बीच भी की जाएगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आगामी आठ मार्च को होगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के अलावा सभी एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों पर सुबह साढ़े दस बजे से सुना जा सकेगा मुंगेली नशामक्ति रैली मुँगेली जिले ँ के लोरमी थाना क्षेत्र के नवनिर्भित ग्राम पंचायत गोल्हापारा में महिला समूह ने जागरूकता रैली निकालकर नशामुक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया इस रैली में पुलिस भित्र भी शामिल हुए गौरतलब है कि ग्राम पंचायत गोल्हापारा को स्वच्छ बनाने के लिए महिलाए सामने आई हैं ग्रामीण आजीवका भिशन बिहान योजना से जुड़ी स्व सहायता समूह की इन महिलाओं द्वारा स्वच्छता के साथ साथ नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है इसके अलावा वे समूह के माध्यम से रूपए बचत करने के साथ ही महिला संशक्तिकरण को भी बढावा दे रही हैं पेटीएम ठगी भिलाई में पेटीएम अपडेट का झांसा देकर एटीएम के माध्यम से एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बैंक खाते से करीब साढ़े चार लाख रूपये निकाले जाने का मामला सामने आया है पीड़ित की शिकायत पर प्रलिस ने मामला दर्ज कर जांच शरू कर दी है अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक शहर रोहित कमार ज्ञा ने लोगों से अपील है कि वे एटीएम और बैंक र्स संबंधित कोई भी जानकारी फोन पर न दें साथ ही इस तरह के फर्जी कॉल आने पर वे इसकी शिकायत थाने में करें संक्षिप्त समाचार दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में ब्रग्म गांव के पास पुलिस ने माओवादियों द्वारा लगाया गया स्पाइक होल बरामद किया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया बलरामपुर जिले के पंडरी ग्राम पंचायत में एक कृए से महिला और उसके दो बच्चों का शव बरामद किया गया है